भाजपा और कांग्रेस के शेष उम्मीदवारों की सूचियों को लेकर बैठकों के दौर जारी

इसक लिये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर है अपने दौरे के दूसरे दिन वे आज जयपुर में अजमेर भरतपुर बीकानेर और जयपुर संभाग की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे और संभागीय आयुक्तों जिला निर्वाचन अधिकारियों पुलिस महानिरीक्षक और चुनाव से जुडे अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श करेंगे इससे पहले कल उन्होंने उदयपुर में जोधपुर कोटा और उदयपुर के जिला चुनाव अधिकारियों के साथ मतदान के प्रबंधों की समीक्षा की साथ ही पुलिस अधिकारियों से चुनावों में सुरक्षा तथा कानून और व्ययवस्था के इंतजामों की विस्तार से जानकारी ली आयोग ने राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की

नागौर में भी चुनाव को लेकर सरगर्मिया बढ गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी दावेदारों ने प्रचार तेज कर दिया है

इसके अलावा राजनैतिक दलों को यह सूचना उनकी स्वयं की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करनी होगी

जयपुर में प्रदेष कांग्रेस कार्यालय पर बस्सी से दावेदार रहे लक्ष्मण मीणा बामनवास से दावेदार रहे नवल मीणा और विद्याद्यर नगर सीट से दावेदारी जताने वाले विक्रम सिंह के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और घोषित किये गये प्रत्याषियों का विरोध किया जयप्र की किषनपोल सीट से दावेदार रहीं ज्योति खंडेलवाल ने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया उधर बीकानेर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया कोटा दक्षिण में राखी गोतम के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाडिया ने भी अपने बेटे को टिकट नहीं दिए जाने पर नाराजगी प्रकट की है टिकट नहीं मिलने से नाराज कई कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायकों ने चुनाव लडने का ऐलान कर दिया है

बैठक में श्रीमती राजे पार्टी अध्यक्ष मदन लाल सैनी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया बैठक में भाजपा की तीसरी सुची को लेकर मशविरा किया गया कल मंत्री युन्स खान सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की इस बीच संभावना जतायी जा रही है कि भाजपा टोंक से अपना प्रत्याशी परिवर्तित कर श्री खान को कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के खिलाफ मैदान में उतार सकती है

प्रदेश के सभी जिलों में मतदान जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में श्री जेटली ने कहा कि मीडिया के सामने सबसे बडी चुनौती विश्व्सनीयता बनाए रखने की है

सरकारी विज्ञप्ति में बताया है कि विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी है और निर्भया कोष से संबद्ध समिति ने इसे मंजूरी दे दी है इन अदालतों के गठन पर सात सौ सड़सठ करोड़ रूपए से अधिक की लागत आएगी

उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा

सर्दी के साथ ही कई स्थानों से कोहरा छाये रहने के समाचार है करौली में कोहरे से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड रहा है

मेला मैदान में नगाडा वादन और शहनाई की गूंज के बीच ु प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वजारोहण हुआ अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

इसमें बड़ी संख्या में श्रृद्वालु शामिल हो रहे है

कल अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में कोई सहमति नहीं बन सकी वन विभाग ने अगले एक एप्ताह तक की बुकिंग निरस्त करने का फैसला किया है